अतंर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर कल प्रदेश भर में आयोजित किये गये कई कार्यक्रम भारत के लिए एक बड़ी राजनयिक जीत के तहत संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया चीन द्वारा मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट करने के प्रस्ताव पर अपना विरोध वापस लेने के बाद यह संभव हुआ है संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण परिणाम है क्योंकि हम इसके लिए कई सालों से प्रयास कर रहे थे

इस कार्य के लिए सहयोग करने वाले सभी देशों के हम शुक्रगुजार हैं भारत की इस बड़ी कूटनीतिक सफलता पर रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा ये भारत के लिए एक अहम कूटनीतिक विजय है चीन जो है इस वक्त अपना जो पोजिशन है उसमें एक बदलाव लाये हैं खास श्रीलंका में दहशतगर्दी हमला के बाद परन्तु भारत को यह समझना चाहिए कि ये जो विजय है यह प्रतिकात्मक है भारत को यह देखना है कि पुलवामा और उससे पहले मुंबई के उपर जो हमला हुआ है उन लोगों को कानून तक पहुंचाना बहुत जरूरी है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का चहेता मसूद अजहर भारत में कई आतंकवादी हमलों का मास्टमाइंड रहा है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राजनयिक प्रयासों के चलते ही मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा सका है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि भारत सुरक्षित हाथों में है और यह प्रधानमंत्री की विदेश नीति की सफलता को दर्शाता है

सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक चुनावी सभाएं और रैलियां कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल अयोध्या जिले के मया बाज़ार इलाके में एक रैली को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है उनकी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है हम एक नये हिन्दुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं जो छेड़ता नही है लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है खतरा सीमा के भीतर हो ये नया हिन्दुस्तान घर में घुसकर मारेगा गोली का जवाब गोले से देगा और हम ये बोलते नहीं है जवान की उंगली बोलती है अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने श्रमिकों के हित में कई प्रभावी कदम उठाये है श्री मोदी ने कौशाम्बी में भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि विगत चुनाव में केन्द्र में मजुबूत सरकार प्रदान करने में उत्तर प्रदेश के जागरूक मतदाताओं ने अहम भूमिका निभाई थी श्री मोदी ने कहा कि इस बार कुंम में स्वच्छता की वजह से पूरी दुनिया में देश का मान और बढ़ा है विशेषकर इस विश्व स्तरीय आयोजन में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार और अव्यवस्था नहीं हुई है श्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सभी के लिये समान दृष्टि से काम किया है कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस बार अपने चुनावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर लड़ रही है भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा है कि उसके शासनकाल में देश की आंतरिक सुरक्षा की जगह आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा मिला श्री योगी कल बस्ती में पार्टी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के पक्ष में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले पांच वर्षो के दौरान देश के आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ कई जन कल्याणकारी योजनाए संचालित कर ग़रीबों को फ़ायदा पहुंचाया है श्री योगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो काम पचपन वर्षो तक सत्ता में रह कर नहीं कर सकी वह भाजपा ने पांच वर्षो में करके अपनी क्षमता का परिचय दिया है जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी ने कहा कि सपा और बसपा ने चुनावी गठबंधन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिये किया है इन दोनों दलों का लक्ष्य विकास नहीं है लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अव्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि केन्द्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों और वंचितों के लिये वरदान साबित हुई है श्री पासवान कल कुशीनगर जनपद के लक्ष्मीगंज इलाके में भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकताओं में समाज का अंतिम व्यक्ति शामिल है सपा और बसपा गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए श्री पासवान ने कहा कि यह पार्टियां पिछड़ों और दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाती हैं सेना के मध्य कमान ने कल लखनऊ में अपना छप्पनवां स्थापना दिवस हर्षोल्लास और पारम्परिक ढंग से मनाया इस अवसर पर मध्य कमान के सेनाव्यक्ष लेफ़्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा ने कमान के युद्ध स्मारक स्मृतिका पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन जाबांज शहीद सैनिकों को श्रद्वाजलि दी जिन्होंने राष्ट्र रक्षा में अपना बलिदान दिया है लेफ़िटनेंट जनरल अभय कृष्णा ने अपने संदेश में सैन्य कर्मियों से मध्य कमान की उच्च परम्पराओं को बरकरार रखने का आहवान किया मध्य कमान का परिक्षेत्र सात राज्यों तक फैला है जिसमें बड़ी संख्या में लॉजिस्टिक और ट्रेनिक सैन्य संस्थान स्थापित है कल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है यह दिन श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिये मनाया जाता है इस अवसर पर मजदूर यूनियन और सामाजिक संगठन कई कार्यक्रम आयोजित कर मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हैं उन्नीसवीं शतादी की शुरूआत में औद्योगीकरण के दौरान उद्योगपति मजदूरों का शोषण करते थे और उनसे रोज़ाना पन्द्रह घंटे तक काम लिया जाता था इस शोषण के खिलाफ़ मज़दूरों ने आवाज़ उठाई थी यह दिन मज़दूरों के काम की अवधि आठ घंटे तक किये जाने के आंदोलन की जीत के रूप में भी मनाया जाता है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कल्याणी में एक जनसभा में कहा है कि भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो वह देशभर में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण लागू करेगी कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने मध्यप्रदेश के होशंगाबाद में कहा है कि उनकी पार्टी किसानों की कर्ज माफी के लिए एक नया कानून लेकर आएगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में रोड शो करते हुए कहा पूरे देश की जनता को जागरूक करना है सबसे बड़ी देशभक्ति यही है कि ये जो वोट है आपका हथियार है लोकतंत्र ने ये हक दिया है आपको कि इसको समझदारी से जिम्मेदारी से आप इस्तेमाल कीजिए बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करिएगा बाराबंकी में गठबंधन की संयुक्त रैली में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कांग्रेस पार्टी के लवे अरसे से शासनकाल में न तो आप लोगों की गरीबी दूर हुई न बेरोजगारी दूर हुई और न ही हमें किसान खुराहाल नजर आया और अन्य जो मेहनतकश लोग हैं

च्नाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा यही महागठबंधन समाजिक न्याय के रास्ते से देश को नई दिशा देने जा रहा है और ये गठबंधन हमारा जमीन पर रहने वाले लोगों का गठबंधन है जो किसान हैं मजदूर हैं जिन्हें आजादी के बाद जो हक और सम्मान मिल जाना चाहिए था नहीं मिला वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज बहादुर यादव का नामांकन पत्र कल रद्द कर दिया गया वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि तेज बहादुर को इसलिए अयोग्य घोषित किया गया है क्योंकि वे इस समय सीमा सुरक्षा बल से बर्खास्त हैं लोकसभा चुनाव के चार चरणों का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होने के बाद अब पांचवें चरण में मतदान को लेकर तैयारियां तेज़ हो गई है इस चेरण में छह मई को प्रदेश की चौदह लोकसभा सीटों पर वोट डाले जायेंगे इन सीटों में लखनऊ अमेठी रायबरेली और फैजाबाद जैसी महत्वपूर्ण सीटों के साथ साथ धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज बांदा फतेहपुर कौशाम्वी बाराबंकी बहराइच कैसरगंज और गोण्डा सीटें शामिल हैं